किसानों से संवाद करते हुए कहा कि प्रदेश में कोई भी मंडी बन्द नहीं होगी

जिनमें मंत्री विधायकों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए गुना से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में आयोजित सहकारिता मंत्री शामिल हुए सतना और सीहोर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के संवाद का सीधा प्रसारण किया गया

यहां के किसान अशोक मीणा ने फसल बीमा राशि मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है

जिले के किसान रमेशचंद्र मोर्य ने बताया कि पिछले वर्ष अतिवर्षा से उनकी धान की फसल खराब हो गई थी जिसकी भरपाई बीमा राशि से हई वहीं सागर में आयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा वितरण कार्यक्रम में गोविंद सिंह राजप्रत शामिल हुए यहां कृषक विक्रम सिंह से मुख्यमंत्री ने संवाद किया देवास श्योपुर मुरैना टीकमगढ़ रायसेनग्वालियर और सीहोर सहित विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किये गये

श्री कंषाना ने अपने संपर्क आये लागों से स्वास्थ्य परीक्षण कराने की अपील की है

पोषणमाह फ्लैगशिप पोषण अभियान के तहत कल होशंगाबाद में पोषण महोत्सव का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया भी शामिल हुए इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास किए जाएं कि जिले में एक भी कृपोषित बच्चा न रहे इस अवसर पर उन्होंने जिला पोषण प्रबंधन रणनीति का विमोचन किया

इस अवसर पर हमें लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं

राज्य सरकार ने इसके लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं इसमें प्रतिमाओं की ऊंचाई से लेकर पंडाल का आकार तय कर दिया गया है

इसके साथ कार्यक्रम की पूर्व में अनुमति लेनी जरूरी किसी भी तरह के जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी

लाउडस्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है

कोरोना काल में संक्रमण को रोकने के लिए स्वच्छता अभियान में एक नवाचार करते हुए सभी सार्वजनिक स्थानों पर थर्ड बीन का प्रयोग षुरू किया गया है इस थर्ड बीन में कोरोना योद्धाओं और आम नागरिकों की उपयोग की गई पीपीई कीट मास्क और हैंड ग्लब्स को एकत्र कर उनका अलग से निपटान किया जा रहा है

खेल अकादमी प्रदेश की तीन खेल अकादमियों का चयन खेलो इंडिया के तहत किया गया है मप्र राज्य शूटिंग अकादमी रोईंग और हॉकी अकादमी में अब देश के विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि मध्यप्रदेश के तीन खेल अकादमियों का खेलो इंडिया के तहत चयन एक बड़ी उपलब्धि है मौसम प्रदेश में बारिश का सिलसिला अभी जारी रहेगा हालांकि चटक धूप और उमस से लोग बेहाल है दोपहर बाद कई हिस्सों में रोजाना बारिश राहत दे रही है